लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो गया

प्रदेश के जिन आठ संसदीय सीटों के लिये मतदान हुआ उनमें अलीगढ़ मथुरा अमरोहा और फतेहपुर सीकरी के साथ ही चार सुरक्षित सीटें नगीना बुलन्दशहर हाथरस और आगरा शामिल हैं आज के मतदान के दौरान लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा गया

पिछले लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे थे पहले और दूसरे चरण में सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पूरा हो चुका है शेष बचे पांच चरणों में अब चौसठ सीटों पर मतदान कराया जायेगा तीसरे चरण का मतदान आगामी तेईस अप्रैल को प्रदेश की दस सीटों के लिये कराया जायेगा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हैं तो वह किसी भी दशा में वोट नहीं कर सकता श्री लू ने सोशल मीडिया ग्रुप में चल रहे इस प्रचार का पूरी तरह खंडन किया है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वह मतदेय स्थल पर जाकर फार्म सात भरकर पहचान पत्र के साथ वोट डाल सकते हैं लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में श्री लू ने इस बारे में साफ किया है कि यह समाचार पूरी तरह से मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास है उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वह इस तरह की अफवाह पर ध्यान न द और वोटर लिस्ट में नाम होने पर ही मतदान के लिये जाये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

पांचवें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज़मगढ़ सीट से अपना नामांकन दाख़िल किया है जबकि सुल्तानपुर से भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी तथा लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार पूनम सिन्हा और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नामांकन भरा दिलचस्प बात यह है कि सपा प्रत्याशी श्रीमती पूनम सिन्हा के रोड शो में उनके पति और सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे जबकि श्री सिन्हा स्वयं बिहार के पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है वहीं बाराबंकी सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक उपेन्द्र रावत और सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नामांकन दाख़िल करने के बाद आज आज़मगढ़ के बैठौली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा का गठबंधन महापरिवर्तन का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए श्री यादव ने कहा कि देश तभी बदलेगा जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा उन्होंने कहा कि बेरोज़गारों को रोजगार कालाधन की वापसी और किसानों की समस्याओं का समाधान जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार विफल साबित हुई है

मेनका गांधी ने अपने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह सुल्तानपुर सीट से जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है उन्होंने कहा कि यह उनके पति की कर्मभूमि रही है आर उन्हें यहां की जनता का स्नेह मिल रहा है संसदीय चुनाव का दूसरा चरण पूरा होन के साथ ही तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिये प्रचार अभियान में तेज़ी आ गई है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बदायूं ज़िले के म्याऊं इलाके में आंवला लोकसभा सीट के लिये पार्टी प्रत्याशी कूंवर सर्वराज सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की गलत नीतियों से न सिर्फ़ देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है बल्कि व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने जनता से जो वादे किये थे उन्हें निभाने में वह पूरी तरह विफल साबित हुई है राफेल मामले का उल्लेख करते हुए श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इस मामले की गहनता से जांच की जायेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा

केन्द्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य में सरकार सौ करोड़ रूपये की लागत से विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है उधर ड्मरियागंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल ने रोड शो किया तथा पिछले पांच सालों में उनकी सरकार के द्वारा किये गये विकास कार्यो को बताते हुए जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले दो तीन दिनों तक आंधी तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है मौसम विभाग की सूचना के आधार पर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को परामर्श जारी कर कहा है कि रबी की फसल पक चुकी है और उसकी कटाई प्रगति पर है लिहाजा किसान मौसम की खराबी की आशंका के चलते फसलों के भंडारण और बचाव के लिये जरूरी व्यवस्था करे कटाई के बाद फसल अवशेष बिल्कुल न जलाये इसके अलावा जायद की फसलों में हल्की सिंचाई करें विभाग ने कहा है कि संभावित बारिश और तेज हवाओं से फसलों का नुकसान हो सकता है